केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कल निधन हो गया वे चौहतर वर्श के थे पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे श्री पासवान ने कल दिल्ली स्थित निजी अस्पताल में अंतिम सांसे ली श्री पासवान लगभग पांच द ाक से दे ा की राजनीति में सक्रिय रहे वे छह प्रधानमंत्री की कैबिनेट में मंत्री भी रहे श्री पासवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा गृहमंत्रालय ने घोषणा की है कि दिवंगत नेता के सम्मान में आज दिल्ली और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे श्री पासवान का पार्थिव शरीर आज नई दिल्ली में उनके निवास जनपथ पर लाया जाएगा दोपहर बाद उनका पार्थिव शरीर पटना में पार्टी कार्यालय ले जाया जाएगा अंतिम संस्कार कल पटना में होगा इनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कई बड़े गण्यमान्य व्यक्तियों ने दुख व्यक्त किया है राश्ट्रपति श्री कोविंद ने ट्वीट में कहा है कि पासवान के निधन से देश ने एक दूरदर्शी नेता खो दिया है राष्ट्रपति ने कहा कि वे सबसे नरेन्द्र सक्रिय और सबसे अधिक समय तक सांसद रहने वाले नेताओं में थे प्रधानमंत्री मोदी ने दूख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें पासवान के निधन से गहरा दूख पहुंचा है उनके निधन से राष्ट्र में एक ऐसा स्थान खाली हो गया जिसे भरा नहीं जा सकता श्री मोदी ने कहा कि पासवान ने कड़ी मेहनत और दढ़ निश्चय के साथ राजनीति में अपनी जगह बनाई इनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने टिवट्र के माध्यम से भाोक व्यक्त किया है गृहमंत्री अमित शाह ने भी श्री पासवान के निधन पर शोक व्यक्त किया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर सहित मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों सहित कई नेताओं ने भी श्री पासवान के निधन पर दुख व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में ट्वीटर के माध्यम से जन आंदोलन अभियान की भारूआत की आने वाले त्योहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है

उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए तीन मंत्रो को अपनाकर स्वस्थ रहने और कोरोना से बचने की सलाह दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में तीन सुधारों की सराहना की है उन्होंने कहा कि देश ने क्रांतिकारी बदलावों के लिए वैश्विक महामारी के बीच संरचनात्मक सुधार किए हैं कनाडा में कल इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को वर्च्रअल रूप से संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि सरकार के सुधारों के फलस्वरूप कारोबार करना आसान बनाने के मामले में देश की रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है

उन्होंने कहा कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नियमों में छूट देने कर प्रणाली को आसान बनाने और अन्य महत्वपूर्ण बदलावों के जरिए कई सुधार किए गए हैं राज्य में पिछले चौबीस घंटे में सात सौ चौरासी नए कोरोना संक्रमित मिले हैं जबकि बारह सौ तिरसठ लोगों को स्वस्थ होने के बाद राज्य के विभिन्न अस्पतालों से छुटटी दी गई है

राज्य में अब तक अस्सी हजार चार सौ उनचालीस लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं अब तक कुल नब्बे हजार चार सौ छियासी कोरोना के मामले सामने आए हैं लगातार स्वास्थ्य दर में वृद्धि दर्ज की गई है वर्तमान में कोरोना की स्वास्थ्य दर लगभग नवासी प्रति ात दर्ज की गई है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

कांग्रेस की ओर से बेरमो सीट के लिए तैयारी तेज कर दी गई है इसके लिए कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है सरकारी दिशा निर्देशों के तहत इस वर्ष गिरिडीह में सादगी से दुर्गापूजा मनाने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी भाुरू कर दी है उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने सभी थाना प्रभारियो बीडीओ और सीओ को सरकारी गाइडलाइस के अनुसार पूजा सम्पन्न कराने को कहा उपायुक्त ने बैठक में बताया कि कोई आकर्षक विध्यत सज्जा नहीं होगी साथ ही मूर्ति की उंचाई चार फीट से ऊंची नहीं होगी कोडरमा जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन दिनों मशरूम की खेती से जुड़े प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं

पंजाब की ओर से रवि विश्नोई ने तीन और अर्शदीप सिंह ने दो खिलाड़ियों को आउट किया मोहम्मद शमी को एक विकेट मिला

पंजाब की छह मैचों में यह पांचवीं हार है और वह अंक तालिका में सबसे नीचे है

आज शारजाह में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला डेल्ही कैपिटल्स से होगा और आईये अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित ॅकिया है केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान के निधन की खबर को राज्य की सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है नहीं रहे केन्द्रीय मंत्री रामविलास पा हुँ पासवान वहीं हिन्दुस्तान ने भीमापोरेगाव हिंसा के मामले में एनआईए ने नामकुम स्थित आवास से स्वामी को पकडा फादर स्टेन स्वामी गिरफतार भाीर्शक से पहले पन्ने की लीड बनाई है दैनिक भास्कर ने केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है साथ ही टी आर पी में गड़बड़ी करने के आरोप में चार लोगों को गिरफतार करने वाली खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है प्रभात खबर ने बारह चुनावी राज्यों में गृह मंत्रालय द्वारा रैली करने की अनुमति दिए जाने की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है दैनिक जागरण ने हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी हाथरस जैसी घटना झारखंड में भी भीर्शक को अपने अखबार की सुर्खिया बनाई है रांची एक्सप्रेस ने सात महीने के खुले राज्य के तीर्थस्थल और मंदिर भार्शिक से पहले पन्ने की प्रमुख खबर बनाई है